प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की टीकाकरण तैयारियों की समीक्षा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा दो भारतीय कोविंड टीकों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी करने के दिये निर्देश कल होगा अंतिम पूर्वाभ्यास प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर आज से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन मेले में सभी आवश्यक जांचें और उपचार की मिलेंगी सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अव्यक्षता में कल देश में कोविड की स्थिति तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई इस बैठक में मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की विस्तत और व्यापक समीक्षा की राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो टीकों को आपात रिथिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्व हो चुकी है निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केन्द्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया प्रधानमंत्री को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली को विन के बारे में भी बताया गया इस पर अभी तक उनासी लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो चूके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि दो कोविड वैक्सीन विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों की सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि है और यह वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की भावना से प्रेरित है

राष्ट्रपति ने कहा कि देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच प्रमुख स्तंभ अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा जनसांख्यिकी लोकतंत्र और आपूर्ति श्रृंखला हैं उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य स्व केन्द्रित प्रबंधन या देश को बंद करना नहीं है बल्कि यह आत्मनिर्भेरता की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास है राष्ट्रपति ने विदेशों में लगभग तीन करोड़ भारतीय आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये दुनिया के प्रत्येक कोने में निवास कर रहे हैं श्री कोविंद ने कहा कि इससे यह सिद्व हो गया है कि भारतीयों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का ऋणी है जिन्होंने भारतीय समुदाय को देश से फिर से जोड़ा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वदेश में निर्मित दो कोविड टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का वर्युअल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली श्री मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्वभर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने दुनियाभर के लोगों को आपस में जोड़ दिया है फ्र्यानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्वता प्रदर्शित कर अपनी अलग पहचान बनाई है उन्होंने कहा कि जब भी वे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने की प्रवासी भारतीयों की गाथाएं सुनते हैं तो उन्हें बड़ा गर्व होता है आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है आप जहां भी गए भारत को भारतीयता को साथ लेकर के गए आप भारतीयता को जीते रहे

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लाख करोड रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौर में भी भारत में कई स्टार्टअप कंपनियों की शुरूआत हई आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है वाईब्रेट है जीवंत है वो भारत ही है भाई और बहनों आजादी के बाद हीँ दशको तक ये नेरेटिव भी वला कि भारत गरीब अंशिक्षित हैं इसलिए सांइस और टैक्नोलॉजी में इनवेस्टमेंट की संमावनाएं कम आंकी गई आज भारत का स्पेस प्रोगाम हमारा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अग्रणी है कोविड की चुनौती के साल में भी कई नए यूनीकॉन्स और सैकड़ों नए टेक स्टार्टफ्स भारत से ही निकल कर के आए हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकसित नई प्रणालियों की विश्वभर में सराहना हुई है उन्होंने कहा कि समाज के गरीब से गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से सशक्त बनाने के भारत के अभियान की दुनियाभर में चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में बदलाव लाने के लिए शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक के क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए हैं प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास कर रहे हैं तो प्रवासी भारतीय ब्रैंड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए प्रमावी कोल्ड चेन सुरक्षित स्टोरेज तथा सुगम आवागमन के सभी प्रबंध भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार किये जायें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के दौरान प्रदेश में पन्द्रह सौ केन्द्रों के तीन हजार बूथों पर टीकाकरण कार्य किया जायेगा इसके लिए तेरह सौ कोल्ड चेन स्थापित हो चूकी हैं

कोरोना वैक्सीनेशन के सफल आयोजन के लिये कल राज्य में अन्तिम ड्राई रन किया जाएगा जिसके लिए समी तैयारियां पूरी कर ली गई है

प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आज से प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन किया जायेगा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रूखाबाद स्थित संकीसा प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र में आज आरोग्य मेला का श्भारम्भ करेंगे कोरोना महामारी के कारण पिछले मार्च माह में इस साप्ताहिक मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया था उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हर रविवार को सुबह दस बजे से अपराहन चार बजे तक पहले की तरह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया जायेगा मेले में पैथालोजिकल जांच की सुविधाए और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है